कल शिमला में उनसे मिलने आए प्राधिकरण के सीएमडी एस एस संध्य से बोतचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट मण्डी और कांगड़ा शिमला फोर लेन परियोजनाओं का कार्य इन सड़कों पर यातायात की आवाजाही को देखते हुए निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए विशेष बल दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कारण भवनों और अन्य अधोसंरचना को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने निर्माण कम्पनियों को पैकेज आधार पर लक्ष्य देने का सुझाव दिया ताकि कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो सके मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में होगी

बैठक में इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा कर मुहर लगने की संभावना है सुरेश भारद्वाज प्रदेश में सहकारी सभाओं के कामकाज में आने वाली बाधाओं को दूर करने में अब विभागीय निरीक्षक मदद करेंगे सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल शिमला में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक में निरीक्षकों को सभाओं के संपर्क में रहने और समय समय पर उनके काम की जांच करने के निर्देश दिए उन्होंने प्रदेश की सभी सभाओं के चुनाव निर्धारित समय के भीतर नियमों के तहत पूरे करने को कहा और विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए सहकारिता मंत्री ने सभी सभाओं का कंप्यूटरीकरण करने टैक्स क्रेडिट योजना को पूरा करने और आईसीडीपी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए अनुराग बैठक केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए सभी विभागीय अधिकारी आपसी सहभागिता से मिशन मोड में कार्य करें ताकि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कल बिलासपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हए ये बात कही बैठक में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई अनुराग ठाक्र ने कहा कि क्रषि विभाग की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर तक शिविर लगाने और किसानों को कृषि उत्पादन संघ बनाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा उन्होंने योजनाओं को लागू करने के लिए चुनौती और प्रतिस्पर्धा के रूप में लेकर इस पर गम्भीरता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के के बयान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशि किया है अमर उजाला की सुर्खी है मार्केट फीस बेद करने पर विचार करेगी सरकार दैंनिक जागरण के शब्द हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा सरल होगी मार्केट फीस आपका फैसला ने लिखा है प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प पंजाब केसरी का शीर्षक है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश बहचर्चित फर्जी डिग्री प्रकरण पर अमर उजाला की सुर्खी है हार्ड डिस्क से और तीन हजार फर्जी डिग्रीयां बेचने के मिले सबूत इसी समाचार पत्र के अनुसार रूबीना के बिग बॉस बनते ही चौपाल में नाटी शिमला में आतिशबाजी दैनिक भास्कर ने खबर दी है जेबीटी की बैचवाइज भर्ती प्रकिया में बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं काउंसलिंग में नहीं ले सकते हैं हिस्सा सरकार तय कर सकती है प्राइवेट स्कूलों की फीस शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है कानून बदलने से पहले हरियाणा और गुजरात फॉर्मुले पर मंथन